प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहीदों के सम्मान के लिए ये स्मारक बनाने का फैसला किया और ये अपने निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार हो गया है उन्होंने कहा कि इस स्मारक से सभी को प्रेरणा मिलेगी

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों का भी स्मरण करता है जिन्होंने शांतिवाहिनी मिशन और उग्रवाद तथा आंतकरोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया है स्मारक में चार वृत्त अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र बनाये गये है

नेशनल वॉर मेमोरियल में एक अमर ज्योति भी बनाई गई है

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री की चूरू यात्रा की तैयारियों के संबंध में आज जयपुर में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग र्क माध्यम से चूरू बीकानेर तथा पुलिस मुख्यालय जयपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस बारे में केन्द्र सरकार रक्षा मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किये हैं याचिका में ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया गया है जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके

श्री गोयल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार जवाबदेही के लिए जानी जाती है श्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय को इस डेशबोर्ड के जरिये सुझाव और टिप्पणियां मिलेंगी जिससे भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी

सप्ताह के पहले दिन सवाईमाधोपुर में संकल्प पत्र और मानव श्रृखंला बनाकर मतदान का संदेश दिया गया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संयत्र से कपड़ा और रंगाई छपाई उद्योग के जरिये निकलने वाला दूषित पानी शुद्ध होगा

श्री मेघवाल आज जयपुर में विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरी और विशेष संस्थाओं में तीन प्रतिशत से बढाकर चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया वहीं विशेष योग्यजनों की पेंशन में बढोतरी की गई

थेवा कला का नाम दुनियाभर में मशहूर करने वाले श्री सोनी को पदमश्री से सम्मानित किया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान वे प्रतापगढ के ब्रांड एंबेसडर रहे

आरोप है कि सरपंच ने शिकायतकर्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनाने के लिए यह रिश्वत मांगी थी उधर ब्यूरो ने सवाईमाधोपुर में बौंली थाना में सहायक उप निरीक्षक दशरल लाल को पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया

बांसवाडा जिले के दानपुर क्षेत्र के लाम्बा पाडा मार्ग पर दो मोटरसाईकिलों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गये

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को सड़क किनारे करवाया तथा ट्रैफिक को सुचारू करवाया